नवरात्रों के पहले दिन आज मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है राज्य में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने नवरात्रों के दौरान श्रद्दालुओं को मंदिरों में आने की अनुमति प्रदान की है लेकिन इस दौरान श्रद्दालुओं को सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए फेस मास्क पहनकर पूजा व दर्शन करने की इजाजत होगी नवरात्रों के दौरान मंदिरों में लंगर भंडारे व जागरण के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने प्रदेशवासियों को नवरात्रों की शुभकामनाएं दी है उन्होंने कहा कि माता रानी सभी के जीवन में खुशियां व सुख शांति लेकर आए मुख्यमंत्री ने कोरोना संकट के चलते लोगों से आहवान किया है कि वे इस बार घर पर रहकर ही परिवारजनों के साथ माता रानी की पूजा अर्चना व उपासना करें इधर प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों में कोविड व सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए है नववर्ष देशभर में विभिन्न क्षेत्रों में आज पारम्परिक नव वर्ष अलग अलग रूपों में मनाया जा रहा है चन्द्र पंचाग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिन्दु नववर्ष का आरम्भ होता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये पर्व देश की एकता व समृद्ध संस्कृति को प्रदर्शित करता है उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू ने बधाई देते हुए आशा व्यक्त कि ये पर्व देश में समुद्धि शांति और खुशियां लेकर आए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को नव संवत्सर की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये पावन अवसर हर किसी के जीवन में खुशियां लेकर आए

इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जन समस्याएं भी सुनेंगे

टीकाकरण केंद्रों की संख्या में भी कल काफी वृद्धि हुई है

कोरोना प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोत्तरी जारी है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने कोरोना से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है पंजाब केसरी की सुर्खी है हिमाचल में नो मास्क नो सर्विस लागु एसओपी जारी दैनिक जागरण का शीर्षक है पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सहित रिकॉर्ड एक हजार नवासी कोरोना पॉजिटिव नौ की मौत आपका फैसला मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है कोरोना से लड़ने में सक्रिय भूमिका निभाएं पंचायतें दिव्य हिमाचल ने उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह के हवाले से ख़बर को प्रमुखता दी है औद्योगिक श्रमिकों पर भी लगेगी बंदिशें कोरोना के खतरे के बीच जारी होगी नई एसओपी कोई उद्योग बंद नहीं होने देगी हिमाचल सरकार सूबे की शक्तिपीठों में सिर्फ दर्शन की छूट कीर्तन और जागरण पर रोक अमर उजाला की एक ख़बर है

अमर उजाला की एक खब़र है फर्जी डिग्री मामला एजेंट से मिली लाखों रुपये के लेनदेन की जानकारी

नमस्कार